प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में दस करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य गारंटी प्रदान की जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से सभी को स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध कराने का सपना साकार हुआ है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश नड़डा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि इस योजना से देश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन आएगा इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी राज्य स्तर पर आयुष्मान भारत का श्रभारंभ किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रर्वोत्तर राज्यों को खासा महत्व दिया है और उसके इस रवैये ने क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाया है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना का जुलाई में उद्घाटन किया गया था और उसे आयुष्मान भारत योजना के साथ कार्यान्वित किया जाएगा श्री खांडू ने कहा कि प्रदेश में तीन लाख परिवार है जिसमें से अठासी हजार नौ सौ अटठाईस परिवारों को राष्ट्रीय योजना के तहत कवर किया जाएगा उन्होंने बताया कि अन्य परिवार प्रदेश स्वास्थ्य योजना के तहत खुद ब खुद जुड़ जाएगें मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोग्य अरुणाचल योजना आयुष्मान भारत योजना की तरह ही कैशलेस स्वास्थ्य स्कीम है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शनिवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू की उपस्थिति में ईटानगर में आका मिजी समुदाय के फेस्टिबल ग्राऊण्ड का उद्घाटन करते हुए समुदायी के लोगों को बधाई दी इस अवसर पर उन्होंने समुदाय से अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोकर रखने को कहा उन्होंने कहा कि पर्यटन के लिए प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत मशहुर है श्री खांडू ने इस दौरान जानकारी दी कि राज्य में प्रतिवर्ष पर्यटको का आना पिछले छह सालों वार्षिक दर पर तीन लाख से बढ़कर नौ लाख हो गए है मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम अरुणाचल सरकार इंडिजिनियश कला शिल्प कौशल बोली और पहनावे को नव गठित इंडिजिनियश मामलों के विभाग के जरिए संरक्षित करने की हर संभव कोशिश कर रहे है गालो कल्याण सोसायटी ने कल ईटानगर में लेपा राडा को लोअर सियांग जिले के मुख्यालय बनाने में मुख्यमंत्री पेमा खांडू की योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया इस अवसर पर श्री खांडू ने कहा कि देश के कोने कोने में विकास को पहुचाने के मद्देनजर जिलों का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में सरकार की ओर से एक पहल है कार्यक्रम में शीरकत करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि गालो वासियों के लंबित पड़े आकांक्षा को सरकार ने मुक्कमल कर दिया है नव गठित जिलों के विकास के लिए श्री रिजिजू ने हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया असामिया फिल्म विलेज रोकस्टार को ओस्कर दो हजार उन्नीस के लिए भारत की आधिकारिक ओस्कर प्रविष्टि के लिए चुना गया है यह फिल्म गरीब लेकिन उद्भुत बच्चों की कहानी पर आधारित है जो मस्ती भरे जीवन जी रहे है निर्देशन रिमा दास ने किया है

बीज मसालों के जैविक उत्पादन प्रौद्योगिकी पर क्षमता विकास कार्यक्रम के हितधारको द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र में कल आयोजित कार्यक्रम का नामसाई में उद्घाटन करते हुए श्री मैन बोल रहे थे श्री मेन ने कहा कि कंट्रेक्ट और आपूर्ति कार्य अस्थायी है लेकिन कृषि व उससे जुड़े संबंद्ध गतिविधियां आय का सतत स्रोत है उन्होंने बताया कि राज्य के अनुसंधान और विकास विंग को मजबूत बनाने के लिए राज्य के बाहर के वैज्ञानिक संस्थान से मदद लेने को कोशिश की जा रही है

राजधानी ईटानगर नगरपालिका परिषद ने जानकारी दी कि कारसिंग्सा स्थित कचरा फेंकने की डंपिंग ग्राउण्ड को साफ कर दिया गया है रिपोर्ट के अनुसार रखरखाव की कमी के कारण पिछले कुछ दिनों से डांपिंग ग्राउण्ड में कचरों का ढेर लगा हुआ था नगरपालिका परिषद ने सफाई दी कि हर दिन कचरो का निपटान किया जाता है लेकिन कुछ दिनों से प्रतिकुल मौसम के कारण क्षेत्र की सफाई नहीं की जा सकी राजधानी क्षेत्र ईटानगर के राजकीय विद्यालयों के इन सर्विस शिक्षको के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम कल समप्त हो गया

तिरप स्वच्छ भारत टीम ने खोंसा शहरी विकास विभाग और खोंसा बाजार समिति के साथ मिलकर सोशल सर्विस अभियान चलाया तिराप ब्रांडऐम्बासाडर एस बी ए श्री पोंगहोंग बायांग ने खोंसा के दुकानदारों और व्यावसियों से समय समय पर सफाई अभियान चलाने को कहा ताकि स्वास्थ्य जीवन जो सके इस अवसर पर ऊपो द्रदा इंजिनियर लियेनवांग होसाई ने दुकानदारों और अन्य प्रतिभागियों को डस्टविन और बम्बू झाड़ वितरित किया